वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को अधिशेष लाभांश के रूप में रिकॉर्ड धन राशि दिया जाना बिमल जालान कमेटी की सिफारिशों के अनुसार है इस कमेटी को रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी पूणे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों की बैठक के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए श्रीमती सीतारमन ने कहा कि इस बारे में व्यक्त की जा रही चिन्ताएं उचित नहीं हैं वित्तमंत्री ने कहा बिमल जालान कमेटी में जाने माने विशेषज्ञ थे उसे सरकार ने नहीं बल्कि खुद रिजर्व बैंक ने गठित किया था उन्होंने कई बैठकें की और एक फॉर्मूला बनाया था जिसके आधार पर यह राशि सरकार को दी गई है वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने अभी यह फैसला नहीं किया है कि रिजर्व बैंक से मिली इस राशि का किस तरह से उपयोग किया जाए भारत भूमि के बंजर होने की स्थिति की रोकथाम के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौते से संबद्व पक्षों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा कल नई दिल्ली में इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही

केंद्र सरकार ने जनऔषधि केंद्रों पर मिलने वाली सेनेटरी नैपकिन का मूल्य प्रति नैपकिन ढाई रुपये से घटाकर एक रुपये कर दिया है केंद्रीय रसायन और ऊर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बताया कि इससे महिलाओं की स्वास्थ्य हाईजीन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा देशभर में साढ़े पांच हजार जेनेरिक दवाओं की द्वकानों पर ये नेपकिन बेचे जाएंगे एक मोबाईल एप जनऔषधि सुगम की भी शुरूआत की गई जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति निकटतम जनऔषधि केंद्र का पता लगा सकता है प्रदेश में लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिये सडक सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है

अभियान के तहत प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा के संबंध में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों की पालना के लिये प्रेरित किया जा रहा है इसी कडी में कल पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने जयपुर में एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरुरत है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और पानी की कम उपलब्धता को देखते हुए विभिन्न दीर्घकालीन जल परियोजनाओं का समय पर पूरा करने के निर्देश दिये है कल जयपुर में जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर वर्षा की कमी के कारण प्रदेश में पानी की किल्लत बनी रहती है ऐसे में दीर्घकालीन जल परियोजनाएं ही इस समस्या का स्थायी समाधान है उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं के प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने और उनके कियान्वयन पर सघन निगरानी रखने के निर्देश दिये बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जल परियोजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बहस्तरीय उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं श्री पायलट ने शासन सचिवालय में आयोजित एक ॅबैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गृणवत्ता मापदण्डों में लापरवाही बरतने वाली फर्मों को चिन्हित करने और गृणवत्ता के लिए उपलब्ध फण्ड का समुचित उपयोग करने पर जोर दिया श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश के श्रमिकों का शत प्रतिशत पंजीयन कर उन्हें विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का समुचित लाभ दिया जाये कल श्रम विभाग की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अधिकारियों को श्रमिकों के पंजीयन के काम में गति लाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन कोई फैक्ट्री संचालित नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये और विभिन्न योजनाओं के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाये

परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास आज आकाशवाणी जयपुर पर लाईव फोन इन कार्यकम के माध्यम से जनता से सीधे बातचीत करेंगे

ये कार्यक्रम प्रदेश में आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जायेगा

इससे पहले कल सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छिटपुट घटनाओँ को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ मतदान के प्रति छात्र छात्राओं में रुचि देखी गई

न प्रदेश में कई स्थानों पर हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है

कोटा बैराज के दस गेट खोलकर एक लाख छह हजार क्यूर्सेक पानी निकाला जा रहा है